न्यायमूर्ति आर भान्मति न्यायमूर्ति एं एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने दो लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर जमानत देने का निर्णय लिया चिदम्बरम अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे साथ ही वह ना तो किसी गवाह से बात करेंगे ना ही इस मामले में कोई सार्वजनिक टिप्पणी करेंगे और ना कोई साक्षात्कार देंगे

सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर सीपीसी की वजह से मामलों को निपटाने में तेजी आई है

रिफंड राशि करदाताओं के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली से सीधे भेज दी गई है

एक सेवा क्षेत्र में मोबाइल नंबर को दूसरे सेवा प्रदाता तक पोर्ट करने के लिए तीन दिन की समय सीमा तय की गई है जबकि एक सर्किल से दूसरे सर्किल में जाने के लिए पांच दिन की समय सीमा रखी गई है

इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र कई विभागों के मंत्री और मुख्य सचिव डीबी गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद हैं दोपहर में लंगर का कार्यक्रम भी रखा गया है

प्रलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि को राजस्थान पुलिस के लिए गौरवपूर्ण बताया है गौरतलब है कि गृह मंत्रालय द्वारा देश की सभी प्रलिस अकादमियों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का चयन किया जाता है

राजस्थान प्रलिस अकादमी ने इन सभी मापदंडों पर देश की सभी पुलिस अकादमियों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है